कोरोना सीएम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैल रहा है इसके नियंत्रण के लिए आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती उन्होंने कहा कि व्यापार और रोजगार में कोरोना से बचाव की सावधानियों का कड़ाई से पालन किया जाए नहीं तो सरकार कड़ाई करेगी यह प्रदेश में गूड गवर्नेंस की परीक्षा है मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कमिश्नर्स कलेक्टर्स तथा मेडिकल कॉलेज के डीन आदि से चर्चा कर रहे थे

ये नियम इन केंद्रों के गठन कार्यक्षेत्र और संचालन की प्रक्रिया तय करेंगे इन केंद्रों को वाहनों से संबंधित डेटाबेस उपलब्ध कराया जाएगा और इन्हें वाहनों को स्क्रैप करने तथा इसका प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा किसी भी वाहन को स्क्रैप करने से पहले चोरी गए वाहनों या आपराधिक गतिविधियों में लगे वाहनों की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी और पुलिस डेटाबेस तक भी पहुंच सुलभ कराई जाएगी सरकार एक ही स्थान से मंजूरी के लिए पोर्टल बनाएगी जिस पर दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है

डॉ हर्षवर्धन स्टॉप टीबी भागीदारी बोर्ड की अध्यक्षता संभालने के बाद नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से पहली बार इसकी बैठक को संबोधित कर रहे थे

साथ ही समय समय पर कोविड से बचाव के लिये जारी होने वाले निर्देशों का पालन करें

बैठक में मध्यप्रदेश यूनीसेफ की प्रमुख श्रीमती मार्गेट ग्वाडा ने राजनीतिक दलों की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों के मुद्दो में रुचि लेते हैं यूनीसेफ प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के लिये बजट में प्रावधानों को बढाने की जरुरत है उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों के घोषणा पत्रों में बच्चों पर हिंसा बाल विवाह पोषण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के समाधान के लिये नीतियां शामिल करना चाहियें बच्चों के हितों पर केन्द्रित यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश चाइल्ड राइटस् आब्जर्वेटरी और यूनीसेफ ने मिलकर आयोजित किया था इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हये चाइल्ड राइटस् आब्जवर्रेवटरी मध्यप्रदेष की अध्यक्ष श्रीमती निर्मला बुच ने कहा कि मध्यप्रदेश को बच्चों के लिये सबसे सुरक्षित बनाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है

पीएम फसल बीमा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में निरंतर महत्वसपूर्ण योगदान कर रही है इससे मौसम संबंधी अनिश्चिताओं से जुडे जोखिम कम करने में मदद मिली है श्री मोदी ने कहा कि करोडों किसान इस बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं वे उत्तसराखंड में नैनीताल के श्री खीमानंद से मिले एक पत्र का जवाब दे रहे थे श्री खीमानंद ने नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिये प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पांच वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने और इस दिशा में सरकार प्रयासों के लिए बधाई दी थी प्रधानमंत्री ने श्री खीमानंद के सुझावों के लिए आभार व्यंक्त किया मौसम प्रदेश के मौसम में कल आए अचानक बदलाव के बाद राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई और कई स्थानों पर ओले भी गिरे उधर प्रदेश के सीहोर विदिशा रायसेन बैतूल राजगढ़ गुना सागर सहित कई जिलों में भी बारिश हुई मौसम केंद्र ने बताया कि पश्चिमि विक्षोम और अरब सागर से आ रही नमी की वजह से ये बदलाव आया है बारिश होने से तापमान में कमी आ गई मौसम केन्द्र के अनुसार अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है

सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया

नमस्कार